कसरावद में शुरू हुआ मिर्च उत्सव मिर्च की अधिक उपज लेने के किसानों को दी जा रही है जानकारी प्रदेश में पहली बार नरसिंहपुर की केंद्रीय जेल में शिशुओं की देखभाल के लिए शुरू हुआ किलकारी सदन सागर में कल से एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत सांस्कृतिक परिषद का आयोजन नागालैण्ड से आयेगा छात्रों का समुह पीएम चित्रकूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया और हर घर जल परियोजना की शुरूआत की

मालवा और निमाड़ की लाल मिर्च देश ही नही बल्कि विदेशों में भी अपने रंग और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है उत्सव का शुभारंभ राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव ने किया

उत्सव में मध्यप्रदेश राजस्थान महाराष्ट्र के मिर्ची उत्पादक किसान बड़ी संख्या में उपस्थित हैं उत्सव के दौरान किसानों को मिर्च की अधिक उपज लेने के लिए आवश्यक तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है यह उत्सव कारोबारियों निवेशकों और निर्यातकों के लिए एक बड़ा व्यापारिक अवसर है इस अवसर पर मिर्च से बने व्यंजनों के स्टॉल भी लगाये गये के में के कराडा प्रदेश सरकार भी महाराष्ट्र की तर्ज पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण जैसे प्रावधान करने पर विचार कर रही है इस बात के संकेत आज जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने आगर जिला मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दिये

युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी मकसुद मिर्जा ने बताया कि प्रदेश में राज्यस्तरीय चनाव लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची उनके पिछले संगठनात्मक प्रदर्शन के आधार पर जारी की जायेगी आयकर छापा बड़वानी जिले के सेंधवा और खेतिया में पांच प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग के सर्वे की कार्यवाही में लगभग दो करोड रुपये की अघोषित आय का पता चला है

जेल अधीक्षक शैफाली तिवारी ने बताया कि शिशु सदन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिससे बच्चे निगरानी में रह सकें

इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर राकेश सोनी और अधिष्ठाता छात्र एवम युवक कल्याण प्रोफेसर ए डी शर्मा ने बताया नागालैंड विश्वविद्यालय से आये विद्यार्थी यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमो की प्रस्तुति देंगे वहीं सागर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बुंदेलखण्ड की संस्कृति परंपराओं पर केन्द्रित कार्यक्रम पेश करेंगे

कार्यक्रम का शुभारंभ कल विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में कुलपति प्रोफेसर आर पी तिवारी करेंगे भूमाफिया इदौर संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी ने आज इंदौर में भू माफियाओं से उनके वास्तविक हकदारों को प्लाट दिलाये जाने संबंधी कार्यवाही की समीक्षा की

एसोशियेशन के अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि अधिवेशन में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई इसमें प्रदेश भर से लगभग ढाई हजार प्रतिनिधियों ने भाग लिया मौसम मौसम में आये बदलाव के कारण आज प्रदेश के मुरैना जिले में तेज बारिश के साथ ही ओले भी गिरे जिससे सरसों की फसल को नुकसान हुआ है भोपाल और अशोकनगर जिले में घने बादल छाये रहे शिवपुरी जिले में भी हल्की वर्षा हुई मौसम विभाग के अनुसार आगामी चौबीस घंटों में प्रदेश के भोपाल ग्वालियर सागर और चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार जन्म मृत्यु पंजीयन स्तर में सुधार लाने के लिए उमरिया जिला मुख्यालय पर आज कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री कमलनाथ आज नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचे उन्होंने वहां शौर्यशिला पर श्रद्धासुमन अर्पित किये और शहीदों को नमन किया

इसमें पात्र ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से लाभान्वित किया गया

कांग्रेस जन ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराने और नर्मदा नदी का पानी शाहनगर में लाने की मांग कर रहे थे